पायलट भारतीय वायु सेना के पायलट विंग कमाण्डर अभिनन्दन वर्धमान अब से कुछ देर बाद भारत पाक सीमा वाघा बार्डर पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिये जहां सुबह से बड़ी संख्या में लोग सीमा पर डटे हुये हैं वहीं देश भर में लोग ढ़ोल नगाड़ों के साथ बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पायलट विंग कमांडर अभिनन्दन पर सभी देशवासियों को गर्व है विंग कमाण्डर अभिनन्दन भारत की सीमा में घुस आये पाकिस्तानी विमानों को रोकने के लिये गये थे इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के एक विमान को भी मार गिराया था इसी समय उनका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और बाद में उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था भारत ने अभिनन्दन की रिहाई के लिये पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी इसके चलते पाकिस्तान को उनकी रिहाई की घोषणा करनी पड़ी पीएम कन्याक्मारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अतीत की तुलना में अब आतंकवाद से अलग ढंग से निपटा जा रहा है

वहीं अब आतंकवाद से निपटने के लिये सेना को पूरी आजादी दी गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नया भारत है जहां आतंकी हमले करने वालों को पूरी कीमत चुकानी होगी

इनके माध्यम से चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यार्थियों और मतदाताओं को जागरूक किया जायेगा राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने आज भोपाल में आयोजित ई गवर्नेस मैनेजर लोक प्रबंधकों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव में नाम निर्देशन पत्र ऑनलाईन भरने की सुविधा दी गई है आधिसूचना जारी होने से चुनाव परिणाम तक की प्रक्रिया ऑनलाईन की गई है इसलिये पूरी प्रक्रिया को बारिकियों से समझा जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि इस काम में कोई गलती ना हो इस अवसर पर चुनाव आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगकी के क्षेत्र में किये गये नवाचारों की जानकारी भी दी गई वन्दे मातरम मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में आज मंत्रालय के समक्ष वन्दे मातरम और जनगणमन का सामूहिक गायन हुआ इससे पूर्व शौर्य स्मारक से सामूहिक मार्च निकाला गया इसमें जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा सहित बड़ी संख्या में आमलोग भी शामिल हुये मतदाता पहचान निर्वाचन आयोग ने मतदान के समय मतदाता पर्ची के साथ ही पहचान संबंधी एक अन्य दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा

इनमें पासपोर्ट ड्राईविंग लाईसेन्स शासकीय एवं सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र बैंक पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक पैनकॉर्ड जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कॉर्ड मनरेगा कॉर्ड श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य कॉर्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधारकॉर्ड शामिल है अप्रावासी भारतीय मतदाताओं को मतदान के लिये अपना पासपोर्ट भी साथ लाना होगा पर्यटन पुरस्कार पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने आज भोपाल में आयोजित एक समारोह में पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिये विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार प्रदान किये इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये ठोस प्रयास शुरू किये गये हैं इसके लिये नये सिरे से योजना तैयार की जा रही है समारोह में पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव हरिरंजन राव ने कहा कि पर्यटन जीवन के सभी पहलूओं को छूता है

वे यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे हमारे धार संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री करीब तीन बजे हेलीकॉप्टर से धार पहुंचेंगे और सभा के बाद इंदौर होते हुये दिल्ली चले जायेंगे नई उड़ानें ग्वालियर से जल्द ही स्पाइस जेट की आठ नई उड़ानें शुरू होंगी सप्ताह में सातों दिन इस सेवा के शुरू होने से ग्वालियर हैदराबाद बैंगलोर कोलकाता और जम्मू के लिये सीधी विमान सेवा से जुड़ जायेगा केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज यहां आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी इस अवसर पर मौजूद स्पाइस जेट के चेयरमेन अजय सिंह ने बताया कि इन सेवाओं के लिये बुकिंग चार मार्च से शुरू हो जायेगी पंद्रह अप्रैल से ग्वालियर हैदराबाद और जम्मू के लिये विमान सेवा शुरू होगी जबकि बैंगलोर के लिये एक मई और कोलकाता के लिये यह सुविधा पंद्रह मई से मिलने लगेगी

स्व रोजगार मेला राजधानी भोपाल में पांच मार्च को एक दिवसीय स्व रोजगार मेला और जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है इकबाल मैदान में होने वाले इस आयोजन में लघु उद्योग मंत्री आरिफ अकील मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे

साथ ही बेरोजगार युवाओं को स्व रोजगार स्थापित करने के लिये मार्गदर्शन भी दिया जायेगा बोर्ड परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल दसवीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है

दसवीं की परीक्षा में प्रदेश भर में ग्यारह लाख बत्तीस हजार आठ सौ उनसठ परीक्षार्थी शामिल हुये

वहीं परीक्षा केन्द्रों पर लगातार निगरानी के लिये उड़न दस्ते भी गठित किये गये हैं ताकि नकल पर रोक लगाई जा सकेगी

वहीं दस उड़न दस्तों का भी गठन किया गया है मुरैना से प्राप्त समाचार के अनुसार जिले में परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग रोकने के लिये सख्त व्यवस्थायें की गई हैं

अशंकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आयेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं न्यूज चैनल अब आकाशवाणी के समाचार सुनना और भी आसान हो गया है समाचारों पर आधारित नए चैनल न्यूज ऑन एआईआर को पिछले दिनों शुरू किया गया यह चैनल फ्री डिश के डीटीएच चैनल नंबर एक पर उपलब्ध होगा

इनमें नये मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के साथ ही उन्हें मतदान के लिये प्रेरित किये जायेंगे

इस अवसर पर सांसद अनूप मिश्रा अन्य रेल सुविधा शुरू करेंगे

जिसमें आम जनों की समस्याओं का निराकरण होगा